यह दिन देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरदार वल्लम भाई पटेल की एक सौ पैतालीसवीं जयन्ती पर उन्हें श्रद्वांजलि देंगे वे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा के निकट आयोजित एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे

केन्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह संख्या कुल संक्रमित व्यक्तियों के सात प्रतिशत से कुछ अधिक है कोरोना से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर इक्यानबे दशमलव एक पांच प्रतिशत से ज्यादा हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सत्तावन हजार से अधिक व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तिहत्तर लाख तिहत्तर हजार से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अड़तालिस हजार से अधिक नये मामलों का पता चला जिन्हें मिलाकर अब तक देश में अस्सी लाख अट्ठासी हजार से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से मरने वालों की दर एक दशमलव पांच प्रतिशत हो गई है जो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है प्रदेश में सात विघानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव के लिए मतदान तीन नवम्बर को होगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार कार्य तेज कर दिया है भाजपा नेता और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अमरोहा जिले के नौगांवा सादात सीट पर चुनाव प्रचार किया यह सीट कैबिनेट मंत्री और भाजपा के विघायक रहे चेतन चौहान के निवन से खाली हुई है और अब यहां से उनकी पत्नी भाजपा की उम्मीदवार हैं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और समाजवादी पार्टी के नेता धमेंद्र यादव ने अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों का कल यहां चुनाव प्रचार किया था माजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार की कमान संमाली है और पार्टी के दूसरे नेता भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पद्म में चुनाव प्रचार कर रहे हैं हालांकि विपक्ष के बड़े नेताओं जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा मायावती और अखिलेश यादव ने अभी तक किसी भी बड़ी रैली को संबोधित नहीं किया है लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

सरकार ने उपमोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया है इन कर्मचारियों में राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं सरकार के इस कदम से गैर सरकारी कर्मचारी भी अपने नियोक्ताओं से करमुक्त नकद राशि ले पाएंगे लेकिन इसके लिए उनके कार्य संविदा में सरकारी क्षेत्र की तरह एलटीसी योजना शामिल होनी चाहिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीददारी डिजिटल माध्यम से जीएसटी पंजीकृत विक्रेताओं से ही करनी होगी कर्मचारियों को इससे संबंधित भ्गतान बारह अक्तूबर दो हजार बीस से अगले वर्ष इकतीस मार्च तक करना होगा

हालांकि पैगम्बर मोहम्मद साहेब के जीवन और शिक्षाओं को बताने के लिए मीलाद महफिलों तथा ऑनलाइन सीरत काफ्रेंस के आयोजन किए जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बघाई दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि पैगम्बर मोहम्मद ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और द्निया को मानवता के पथ पर चलने की राह दिखाई उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् ने अपने संदेश में कहा कि पैगम्बर मोहम्मद ने मानव समुदाय को करुणा और विश्व बंधृत्व का मार्ग दिखाया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि यह दिन सारी दुनिया में करुणा और भाइचारे को बढ़ावा देगा

पत्र सुचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि बैंकों ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं कि बैंक में जन धन खातों से नकदी निकालने पर सौ रूपये का शुल्क लगेगा